श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रब्द्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जयपुर में पत्रिका गेट के उदघाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था उन्होंने कहा कि पुस्तके और लेखक शिक्षा प्रकिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपूर में जवाहर लाल सर्किल मार्ग पर किया है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर समुह के अध्यक्ष द्वारा लिखित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे

इसका उददेश्य जीवनपर्यन्त सीखने के कम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है

प्रदेश में भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य लगातार जारी है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी के जरिए शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ ने शिक्षकों और छात्रों को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं देते हए कहा है कि इस अवसर पर आत्मनिर्भर और सक्षम भारत का निर्माण करने का संकल्प लेना चाहिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नागरिकों से अपील से की है कि वे अपने आसपास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाएं वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शभकामनाएं देते हए कहा कि शिक्षा से ही लोकतंत्र को ताकत मिलती है

कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की इस दौरान सांसद जसकौर मीणा और राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक बद्रीलाल मीणा भी मौजूद रहे

इस अवसर पर जसकौर मीणा ने कहा कि इन चरखों पर काम करने से खादी को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति मिलेगी